ने विधानसभा में भाजपा विधायकों ने अवैध उत्खनन को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर किया हंगामा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

पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत लांजी पहाड़ी के पास आज सुबह बम विस्फोट में झारखंड जगुआर के चार जवान शहीद हो गए जबकि सात जवान घायल हो गये हैं पिछले दस दिनों के अंतराल में नक्सलियों द्वारा बम ब्लास्ट की यह दूसरी घटना है

विस्फोट के बाद से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है घायल जवानों को इलाज के लिए रांची ले जाया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा प्रणाली को भाषाई बाधाओं से मुक्त करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा को पनपने के अवसर मिले उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस प्रयोजन के लिए एक अभियान की तरह लागू किया जाएगा शिक्षा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में किये गए प्रावधानों का प्रभावकारी कार्यान्वयन विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस एजुकेशन स्किल रिसर्च और इनोवेशन पर है प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा इंजीनियरी प्रबंधन जैसे सभी क्षेत्रो की सामग्री भारतीय भाषाओं में तैयार की जानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण और गरीब व्यक्ति जो स्थानीय भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं जानते हैं उनमें भी प्रतिभा के धनी लोगों की कमी नहीं है श्री मोदी ने कहा कि ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है कि भाषाई बाधाओं के कारण स्थानीय लोगों की प्रतिभा के विकास में कोई रूकावट न आये झारखण्ड विधानसभा में कल वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए इक्यानबे हजार दो सौ सत्तहतर करोड़ रुपये का बजट पेश किया यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में चार हजार नौ सौ करोड़ रुपये अधिक है राज्य सरकार ने बजट में गांवों को सशक्त बनाने गरीबी दूर करने और रोजगार बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किये गए हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण में कहा कि बजट में कृषि रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई प्रावधान किये हैं

राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए व बेहतर शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है

राज्य सरकार ने बजट में खेल प्रतिभाओं के लिए खेल विश्वविद्यालय की घोषणा भी है

महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तीन लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने पलाश ब्रांड से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने व किशोरियों और युवतियों को आहार भत्ता देने का भी बजट में प्रावधान किया गया है

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज भाजपा विधायकों ने अवैध उत्खनन को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हंगामा किया संथाल परगना के इलाके में अवैध उत्खनन को लकर सदन के अंदर भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल को बाधित किया भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन में उठ रहे मामलों पर स्पीकर को सरकार से चर्चा कराने की मांग पर विचार करना चाहिये इस मामले को लेकर सदन के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी भाजपा विधायकों की ओर से लाया गया लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अमान्य करार दिया इसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा किया हंगामे को देखते हए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया

अब निजी अस्पतालों में भी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगायी जा रही है

इसको लेकर कलाकारों ने दुमका के इंडोर स्टेडियम में बैठक की और प्रदर्शन किया कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने इस मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी है

मेले का आयोजन नहीं होने से इससे जुड़े आदिवासी कलाकारों में निराशा है इन कलाकारों का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह चुनाव फुटबॉल टूर्नामेंट और राजनीतिक रैली के आयोजन की अनुमति दी गयी उसी तरह सीमित स्तर पर ही हिजला मेले के आयोजन की भी इजाजत दी जानी चाहिए

इसके लिए अनुमंडल कार्यालय में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया है उपायुक्त अरवा राजकमल ने इसका उद्घाटन किया और सभी दुकानदारों से गुणवत्तापूर्ण सामग्री की बिक्री करने की अपील की उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी वहीं सरायकेला खरसावां जिला खनन विभाग ने बालू के अवैध उठाव और चिमनी ईंट भट्टों पर छापामारी अभियान चलाया इस दौरान अवैध रूप से बालू लंदे तीन ट्रैक्टर को जब्त किया गया वहीं आदित्यपुर क्षेत्र में क्रशर डस्ट लदा दो हाईवा और एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से जामबेडा कोलाबिरा जीवनपुर विजय बांकसाही उकरी में बिना लाईसेंस के चिमनी ईट भट्टा संचालित करते हुए पाया गया उन सभी ईट भट्टा संचालकों को नोटिस किया गया है

वन विभाग ने वन्य प्राणी प्रमंडल रांची को इसके लिये प्रस्ताव भेजा है

पूरे नर्सरी में अच्छे किस्म के आम अमरूद जामुन सागवान शीशम पपीता और कई पौधे लगाए गए हैं महिला किसान की श्रेणी में शामिल आशा देवी अब पूरे जिले में दीदी बाड़ी योजना के लिए पौधों का वितरण भी कर रही हैं

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया खेल के शुरू में ही अक्षर पटेल ने दो विकेट झटक कर इंग्लैंड को मुसीबत में डाल दिया भारत अगर यह टेस्ट मैच जीत जाता है या फिर ड्रा रहता है तो इसे विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के उदघाटन मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलना होगा पिछले हफ्ते तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ दो दिनों के खेल में हराकर श्रृंखला में दो एक की बढ़त बना ली थी संक्षिप्त खबरें पूर्व मध्य रेल मुख्यालय से आदेश जारी होते ही धनबाद समेत दूसरे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने लगे

कोडरमा में घरों से निकलने वाले कचरे से कम्पोष्ट खाद पेवर ब्लॉक और सीमेंट तैयार किया जाएगा